महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य भर में लगने वाले रक्तदान शिविरों में रक्तदान करने वालों का हर जिले मे डेटा तैयार किया जाएगा देश आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंति पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहा है भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की गतिविधियों से पर्यटक हो रहे है मंत्रमुग्ध एक अक्टूबर से नौकायन होगा शुरू

श्री मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया और एक स्मृति टिकट जारी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि गांधीजी भारत से तो थे लेकिन केवल भारत के नहीं थे उन्होंने कहा कि जो लोग कभी गांधीजी से मिले भी नहीं वे भी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षो में उनकी सरकार ने जन भागीदारी को सबसे ऊपर रखा है चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या डिजिटल इंडिया अभियान अब लोग स्वयं इन अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बंगलादेश भूटान सिंगापुर जमैका और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सहित अनेक देशों के गणमान्य लोग मौजूद थे

न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत में श्री ट्रम्प ने कहा कि दोनों देश व्यापार वार्ता में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं

कश्मीर मुद्दे का जल्द समाधान निकालने की आशा व्यक्त कर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ और दो टूक शब्दों में संदेश दे दिया है अमरीकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तुलना रॉक स्टार एल्विस प्रिस्ले से की और कहा कि मोदी कट्टर इस्लामी आतंकवाद की समस्या को हल करने में सक्षम हैं

चिकित्सा विभाग के सूत्रों ने बताया कि डेटा रखने का मकसद जरूरत पड़ने पर किसी विशेष ग्रप के रक्त को किसी भी जिले में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराना है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल जयंति पर उन्हें नमन करते हुए टवीट के जरिये कहा कि वे देश के महानतम व्यक्तियों में से एक थे सबसे वंचित लोगों की सेवा करना ही पंडित दीनदयाल का संदेश था इस अवसर पर राज्य में भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है

सभी जिला कलेक्टरों और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने यह निर्देश दिये उन्होंने सप्ताह में एक दिन घर में मच्छर पनपने वाली जगहों की सफाई करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को भी कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग भी उपस्थित रहे

इसके लिए सरकार ने नो करोड रूपए की मंजूरी दे दी है आयुर्वेद विभाग की निदेशक सीमा शर्मा ने बताया कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ये अस्पताल अजमेर भीलवाड़ा च्रू और बीकानेर में बनाए जा रहे हैं

इसके लिए जिले की सभी ग्राम सहकारी समितियों पर ई मित्र केंद्र खोले जाएंगे

शेष में जल्दी ही इन्हे शुरू किया जाएगा